यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव तीन आठ प्रतिशत अधिक है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट में कहा गया है कि इसमें जिनोवा वायोफार्मा बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी वैक्सीन टीमों के प्रतिनिधि शामिल होंगे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करते हुये कहा है कि संतोष की बात है कि अब कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है लेकिन किसी भी तरह की ढ़िलाई नहीं होनी चाहिए

इसके लिए दो सौ पचास से अधिक लोगों ने अपना निबंधन कराया है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने तीसरे चरण के परीक्षण की तैयारियों की समीक्षा करते हुये कहा कि वैक्सीन के दो चरणों का परीक्षण सफलतापूर्व किया जा चुका है तीसरे चरण में दो हजार लोगों पर परीक्षण किया जायेगा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 यह राशि कोविड उन्नीस के टीके के शोध और विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग देगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में टीके के विकास के काम में तेजी आयेगी इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कुल दस तरह के प्रयासों में अब तक मदद दी है रूसी टीके स्पुतनिक वी के अलावा पांच टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य तीन टीकों का भी जल्दी ही मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव शून्य छह प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव तीन आठ प्रतिशत अधिक है राज्य में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है इस समय पांच हजार छह सौ अड़तालीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच सौ सैंतीस रोगी ठीक हुए हैं जबकि छह सौ छह नये रोगियों की प्रष्टि हुई है अबतक दो लाख अट्ठाईस हजार दो सौ इक्यावन लोग स्वथ्य हुए हैं राज्य में कल एक लाख पैंतीस हजार लोगों की कोविड जांच की गई अब तक एक करोड पैंतालीस लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है इधर पटना जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है कल आठ सौ ग्यारह लोगों से मास्क नहीं लगाने के कारण लगभग एक लाख साठ हजार रूपये जुर्माने की राशि वसूल की गई अब तक तीन हजार लोगों से चार लाख रूपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है आकाशवाणी से बातचीत करते हुए बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि शादी समारोहों में शामिल होने के दौरान एहतियात उपाय किया जाना काफी महत्वपूर्ण है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के लगभग चार सौ स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय मिलती है लेकिन अब सभी स्टेशनों पर मिट्टी के कप में ही चाय मिलेगी प्रदेश के चार थानाध्यक्षों को शराब की खरीद बिक्री रोकने में विफल रहने पर निलंबित कर दिया गया है निलंबित थानेदारों में पटना के कंकड़बाग वैशाली के गंगा ब्रिज तथा मुजफ्फरपुर के अहियापुर और मीनापुर के थानाध्यक्ष शामिल हैं इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है राज्य में पुलिस अब पैदल गश्ती करेगी पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी थानों में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है मुख्यालय ने कहा है कि पैदल गश्ती के लिए एसपी को जिम्मेवार बनाया गया है पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पटना सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार आज पटना गया समेत प्रदेश के अधिकतर शहरों में दिन में ध्रप खिलने के आसार हैं लेकिन ठंड में बढ़ोतरी होगी साथ ही सुबह और शाम में धुंध बढ़ सकती है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार सिन्हा के अनुसार अगले तीन चार दिनों तक पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी जिससे ठंड बढ़ सकती है हालांकि दिन में धूप खिलेगी लेकिन शाम ढलते ही मैदानी इलाकों में ठंड का असर दिखेगा उन्होंने कहा कि पटना गया भागलपुर और पूर्णिया सहित अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आ रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्यभर में गया सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान नौ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देव जी महाराज का पांच सौ इक्यावनवां प्रकाशोत्सव आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर पटनासिटी स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में विशेष आयोजन किया जा रहा है पंज प्यारों के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई तख्त साहिब में चल रहे अड़तालीस घंटे के अखंड पाठ का भी आज समापन होगा प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में हो रहा है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 उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूनानक देव के मानवता के प्रति दिये उपदेशों को स्मरण करते हुये कहा कि गुरू के शबद में ही मानव कल्याण निहित है उन्होंने कहा है कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं बाईट गुरुग्रन्थ साहिब में कहा गया है सेवक को सेवा बन आई यानी सेवक का काम सेवा करना है बीते कुछ वर्षो में कई अहम पड़ाव आये और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली

ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गुरू नानक देव की जयन्ती के अवसर पर सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज लोग सुबह से ही सरोवरों और पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर र्स्वार्थसिद्धि योग और वर्धमान योग बन रहे हैं इस योग के कारण कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है कोरोना के कारण इसे बार कई जगहों पर गंगा स्नान की अनुमति नहीं दी गयी है राज्य सरकार ने लोगों से अपने घरों में ही स्नान दान करने की अपील की है पटना स्थित एम्स दीघा एलिवेटेड पथ पर आज से आवागमन शुरू हो जायेगा

एलिवेटेड पथ के शुरू हो जाने पर राजधानी पटना सहित उत्तर बिहार के लोगों की यात्रा सुगम होगी राजधानी पटना में वन विभाग ने पैंतीस प्रतिबंधित कछुओं और कई पक्षियों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है पटना की डीएफओ रूची सिंह ने बताया कि पकड़े गये पक्षियों में एक बाज चार तोतें चार सिकरा और कछुएं शामिल हैं पटना जिले की आलमगंज थाना पुलिस ने राहगीरों को हथियार दिखाकर लूट पाट करने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौत और मोबाईल बरामद किये गये हैं राज्य में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से घरेलू क्रिकेट शुरू होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि बैठक में बीसीसीआई की ओर से मांगे गये सुझाव पर राय भेजने का भी निर्णय लिया गया है भोजपुर जिले में खेली गयी एक दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में पटना की टीम ने मेजबान भोजपुर को पांच विकेट से पराजित कर टूर्नामेंट जीत लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने मन की बात और कोरोना महामारी पर जारी दिशा निर्देशों में बदलाव की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है बैंड बाजा संग निकलेगी बारात दैनिक जागरण ने मन की बात कार्यक्रम पर कृषि सुधारों ने खोले सम्भावनाओं के नये द्वार को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने पटना के चिरैयाटांड़ पुल पर एक महिला की हत्या पर सुर्खी दी है चिरैयाटांड़ पुल पर शिक्षिका की हत्या के बाद आठ घंटे सीमा विवाद में उलझी रही चार थानों की पुलिस चौदह घंटे बाद केस प्रभात खबर लिखता है नहीं बचेंगे भ्रट अफसर और कर्मचारी एक एक की हो रही पहचान आज अखबार ने राज्यधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन को बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है किसानों ने पांच नाकों पर आंदोलन जारी रखने का किया एलान सड़कों पर लगा लम्बा जाम

यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव तीन आठ प्रतिशत अधिक है